मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से उद्योगपतियों और लोगों की राज्य के बारे में धारणा में आया है बदलाव बड़ी संख्या में निवेश को मिल रहा है बढ़ावा केन्द्र सरकार ने एक साल के लिए चालीस लाख मीट्रिक टन चीनी के सुरक्षित भंडारण के प्रस्ताव को दी स्वीकृति प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा का क्रम जारी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश की जताई संभावना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने तेरह हजार पांच सौ चौरानवे करोड़ सत्तासी लाख रूपये की अनुप्रक मांगे सदन के पटल पर रखी थी अनुपूरक बजट प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है जो विकास की दिशा में शुभ संकेत है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष की शुरूआत प्रदेश के लिये कई मायनों में महत्वपूर्ण रही है उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आयोजन कुंभ की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास से इसे अतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बदली

प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी रही और उसका परिणाम था कि कुशलतापूर्वक इस भक्ति आयोजन के करने में हमें सफलता प्राप्त हुआ सुरक्षा के लिहाज से स्वच्छता के लिहाज से व्यवस्था के लिहाज से हर एक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो कुंच ने एक नये मानक स्थापित किये हैं श्री योगी ने कहा कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये देश के एक सौ तीस करोड़ लोगों को इस अभियान से जुड़ना होगा और इस लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि देश का हर छठां व्यक्ति राज्य का निवासी है उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश देश का सक्से युवा प्रदेश है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि उद्योग रोजगार बिजली सिंचाई पेयजल स्वास्थ्य सहित सभी दिशा में काम कर रही है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार आने के बाद उद्योगपतियों और लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली है यहां बड़ी संख्या में एमओयू पर हस्ताक्षर और निवेश आ रहा है श्री योगी ने बताया कि आगामी अट्ठाईस जुलाई को लखनऊ में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रदेश के लिये पैंसठ हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शुमारम्भ किया जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं देकर उनका भरोसा जीता है अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विधानसभा में नेता विरोधी दल राम गोविन्द चौघरी ने आरोप लगाया कि बजट का पूरा पैसा खर्च ही नहीं हुआ है तो अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता उन्होंने इसे सर्व विरोधी बताते हुए कहा कि यह पूंजीपतियों के हित में हैं बजट पर कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे इससे पूर्व प्रश्न प्रहर बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण चला प्रदेश में बिजली के बिल अब हिन्दी में दिये जायेंगे जिससे आम उपभोक्ताओं को आसानी होगी इसके साथ ही दो किलोवाट के कनेक्शन पर बीस हजार से ज्यादा का बिल आने पर पूरी जांच के बाद ही उसे उपभोक्ता को भेजा जायेगा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल विधान परिषद में बिल में गड़बड़ी संबंधी मुद्दे उठाये जाने पर यह आश्वासन दिया इसके साथ ही सदन में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बढ़ रहे हादसों सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर बायोमेट्रिक की खराबी के कारण राशन न मिलने और जेलों में मैन्यू के अनुसार खाना न मिलने के मुद्दे भी विपक्षी सदस्यों की ओर से उठाये गये जिस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिये उचित कदम उठाये जा रहे हैं विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के समय आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवा द्वारा विकसित यूपी कॉप एप से अब ई एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है गाड़ियों की चोरी लूट की घटनाए मोबाइल स्नैथिंग बच्चों की गुमशुदगी और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में यूपी पुलिस के मोबाइल एप्लीकेशन ंयूपी कॉप एप के माध्यम से अज्ञात के खिलाफ ई एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी लोग किसी सामान या दस्तावेज के गुम हो जाने की सूचना भी इस एप के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे डीजीपी ओमप्रकाश सिंह के निर्देश पर यूपी कॉप एप आम जनता के लिए उपलब्ध कराने के साथ ही इसका फीडबैक भी मांगा गया है एडीजी तकनीकी सेवा आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि इन मामलों में समय से एफआईआर दर्ज न होने पर पीड़ित को भारी नुकसान उठाना पड़ता है इसलिए इन मामलों की त्वरित एफआईआर के लिए यह सुविधा शुरू की गई है संबंधित पुलिस कार्मिकों के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पीड़ित को एफआईआर की कॉपी उसके ई मेल पर उपलब्ध करा दी जाएगी उन्होंने बताया कि एप के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा देने वाला यूपी देश का पहला राज्य है केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अगस्त माह की पहली तारीख से एक साल के लिए चीनी के चालीस लाख टन के सुरक्षित भंडारण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस निर्णय से चीनी के मूल्यों में स्थिरता आएगी और बाजार में चीनी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी उन्होंने कहा कि चीनी मिलों द्वारा गन्ने का बकाया भुगतान होने से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों को भी लाभ होगा इस बार चालीस लाख टन यह करेंगे बफर स्टॉक जिस बफर स्टॉक के आधार पर बैंक मिल को कर्जा देती है और कर्जे का व्याज रखरखाव का खर्चा और बीमा का खर्चा सरकार उगती है और एक कंडीशन उसकी होती है कि बैंक से जो पैसा आयेगा सीधा किसान के खाते में जायेगा तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने दो हजार उन्नीस बीस के मौसम में चीनी मिलों द्वारा गन्ने का उचित मूल्य भी तय कर दिया है दस प्रतिशत चीनी रिकवरी वाले गन्ने की कीमत दो सौ पचहत्तर रुपये प्रति क्विटंल तय की गई है ये कीमत पूरे देश में लागू होगी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी दो के आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी न हो इसके लिए प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने लखनऊ में कल आयोजन स्थल का निरीक्षण किया उन्होंने कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की साथ ही प्रमुख आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हाल के बाहर सीटिंग प्लान का बोर्ड लगाने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए

श्री महाना ने कहा कि इस ऐतिहासिक सेरेमनी में ख्याति प्राप्त औद्योगिक घरानों के उद्योगपति बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे इसके अलावा प्रदेश के मंत्री सांसद एवं विद्यायक भी इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार अट्ठाईस जुलाई को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है कार्यक्रम की पिछली कड़ी में उन्होंने प्रख्यात हिन्दी साहित्यकार प्रेमचन्द की कहानियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इन कहानियों में निहित संदेश आज भी प्रासंगिक है आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा कि बुके नहीं बुक मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागत सत्कार और फूलों की बजाय किताबें दे सकते हैं तब से काफी जगह लोग किताबें देने लगे हैं मुझे हाल ही में किसी ने श्र्प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां रश्नाम की पुस्तक दी मुझे बहुत अच्छा लगा प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में समाज का जो यर्थाथ चित्रण किया है पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है

सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियां मेरे मन को भी छू गई प्रदेश के अधिकांश जिलों में परसों रात से रूक रूक कर हो रही वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है लखनऊ गोरखपुर महराजगंज बरेली सिद्वार्थनगर लखीमपुर खीरी गोण्डा सीतापुर कौशाम्वी और बलरामपुर सहित कई जिलों में कल हल्की से तेज बारिश हुई धान की फसल के लिये यह बारिश काफी फायदेनंद है बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में जगह जगह जलभराव होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है